आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण होगा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सुचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी से हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम शाम आठ बजे पुनः सुना जा सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्व निधि योजना के क्रियान्वयन की कल समीक्षा की यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से शुरू की गई है

प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए निधि आवंटन की व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की है प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय मदद पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होनी चाहिए यह मदद उन्हें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद और उनकी बिक्री से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए मिलनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नोएडा कोलकाता और मुंबई स्थित तीन नई उच्च क्षमता वाली प्रयोगशालाओं का उदघाटन करेंगे

इसके तहत परिषद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से सफलतापूर्वक निपटने के लिए टेस्ट की क्षमता को बढाने का फैसला किया है केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड परीक्षण क्षमता बढाने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं

राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के दो सौ चौदह नए संक्रमितों की पुष्टि की गयी है इनमें से रांची से एक सौ सत्ताईस सरायकेला से सत्ताईस पलामू से छब्बीस रामगढ़ से छह पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग से पांच पांच गढ़वा और गिरिडीह से चार चार धनबाद से तीन देवघर और सिमडेगा से एक एक मरीज मिले हैं इसके साथ राज्य में कुल संकमितों की संख्या सात हजार आठ सौ इकतालीस हो गयी है फिलहाल राज्य में चार हजार दो सौ सैंतीस सक्रिय केस हैं जबकि तीन हजार पांच सौ इक्कीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं अब तक तिरासी लोगों की संकमण से मौत हो च्की है रांची के रिम्स में कल चार डॉक्टर सहित सोलह कर्मचारी कोरोना से संकमित मिले हैं अब तक चार नये डॉक्टरों के संक्रमित होने से कुल संक्रमित डॉक्टरों की संख्या छियालीस हो गयी है इस संबंध में रिम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभात कृमार ने कहा कि जिस वार्ड में संकमित मिल रहे हैं वहां सैनिटाजेशन कराया जा रहा है वहीं एसिम्टोमैटिक वार्ड में बिना लक्षण वाले संक्रमितों को भर्ती कराया जा रहा है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड ने उन्नत भारत अभियान के साथ समन्वय बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और विज्ञान भारती के साथ एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं इसके माध्यम से ट्राइफेड का वन धन कार्यक्रम देश के दो हजार छह सौ शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध हो जाएगा इससे जनजातीय बहल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन बढ़ाने में मदद मिलेगी

ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्राम पंचायतों को मिलने वाले धन का इस्तेमाल पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए हो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

इस बैठक में श्रीमति मुर्मू ने तेजी से बढ़ रहेकोरोना संकमण पर चिंता जताते हुए अस्पतालों में बेड बढ़ाने और सैंपल जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया इसके लिए उन्होंने रणनीति के तहत कार्य करने का आदेश भी दिया

दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है

स्वस्थ हए लोगों में कई छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी

जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है जिले के क्ंडहित और नारायणपुरा से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है

साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढकर एक सौ छियालीस हो चुकी है

इसके साथ जिले में चौरानबे एक्टिव केस हैं

पलामू टाइगर रिजर्व में बीमार जीव और छोटे वन जीवोंकी मौत को लेकर वन रक्षी और ट्रैकर पर सीधे कार्रवाई होगी

विभाग ने कहा है कि अभी राज्य में मानसून सामान्य है इन दो दिनों में मॉनसून की सक्रियता बढ़ सकती है विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित विभिन्न क्षेत्रों में रूक रूककर बारिश हई है तीस जुलाई के बाद मानसून कमजोर पड़ सकता है

हिन्दुस्तान ने अपने पहले पन्ने पर भारत के लिए दो बड़ी चेतावनी के तहत बैंकिंग सेवाओं पर साइबर साजिश और देश में आईएस के आतंकी खतरे को प्रमुखता से जगह दी है वहीं अक्तूबर महीने तक चरम हो सकता है कोरोना का संकमण की खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर छापा है दैनिक जागरण ने झारखंड में पत्थलगड़ी की मास्टरमांइड बबीता समेत अन्य तीन की गिरफ्तारी को पहले पन्ने पर जगह दी है जबकि दैनिक भास्कर ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य विभाग की कमियों की खबर को प्रमुख स्थान दिया है अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने राजस्थान की राजनीतिक संकट और गहलोत के बयान जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति के पास जायेंगे की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है